विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश से लगी सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरों से रखी जायेगी नजर चुनाव को देखते हुए एमसीएमसी कमेटी के प्रमाणीकरण के बगैर किसी भी राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक प्रदेश भर में रात के तापमान गिरावट मौसम में घुली हल्की ठंड अमित शाह भारतीय जनता पार्टी जे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज जबलपुर के दौरे पर रहेंगे वे जबलपुर में पार्टी के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे इसके अलावा वे सतना रीवा डिंडौरी कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी शामिल होंगे भाजपा अध्यक्ष शाह ने कल होशंगाबाद में पत्रकारों से चर्चा में केहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में मध्यप्रदेश के साथ काफी अन्याय हुआ एक अन्य सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सवालों के जबाव देने की जरूरत नही है हम जनता के सवालों का जबाव देने को तैयार है श्री शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा को भी संबोधित किया वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे

कांग्रेस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक सुनील मिश्रा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापस आ गए प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने यह जानकारी दी श्रीमती ओझा ने कहा कि जबलपुर जिले के सिहोरा से भाजपा नेता खिलाड़ी सिंह ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है दतिया जिले के सेवड़ा के कुछ नेता भी पार्टी में शामिल हुए इससे पहले नरसिंहपुर जिले के नेता एवं पूर्व विधायक शेखर चौधरी ने कांग्रेस में शामिल हो गए श्री चौधरी नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं

इन कैमरों के जरिए अधिकारी सीमा पर आने जाने वाले लोगों को लाइव देख सकेंगें पुलिस अधीक्षक रुडोल्फ अल्वारेस ने जिले के अटेर की ओर उत्तरप्रदेश की सीमा में लगे कैमरों और चैकिंग प्वाइंट का दो दिन पहले जायजा लिया श्री अल्वारेस ने बताया कि विधानसभा चुनाव में विशेष चौकसी बरती जा रही है इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का भी सहारा लिया जा रहा है भिंड जिले में मतदान में गड़बड़ी को रोकने के लिए अनेक स्थानों पर आध्रनिक हथियारों से लैस जवान तैनात रहेंगे

वहीं मुरैना जिले में जिला प्रशासन चुनाव के मद्देनजर कार्यपालिक दंडाधिकारियों को दौरा करने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर भूरत यादव ने संवेदनशील मतदान क्षेत्रों में संदेहास्पद लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं एमजे अकबर विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने मी टू कैंपेन के तहत उन पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को झूठा और बेब्रनियाद बताया है विदेश यात्रा से लौटे श्री अकबर ने कल नई दिल्ली मेँ कहा कि बिना सबूत के आरोप कुछ वर्गों के लिए एक वायरल बुखार बन गया है उन्होंने कहा कि वह आधिकारिक दौरे पर विदेश गये हुए थे इसलिए पहले वह आरोपों का जवाब नहीं दे सके उन्होंने कहा कि झूठे आरोपों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में उनके वकील फैसला करेंगे श्री अकबर आम चुनाव के कुछ महीने पहले इन आरोपों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके पीछे कोई एजेंडा हैं उन्होंने कहा कि इन झूठे बेबूनियाद और बेकार को आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा और साख को ठेस पहुंची है उन्होंने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते पर उसमें जहर ज़रूर होता है जो उन्मादी तूफान खड़ा कर सकता है भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह मोहन भागवत ने कहा है कि संघ का कार्य सम्पूर्ण हिन्दू समाज को संगठित करना है संघ का स्वयंसेवक हर कार्य मे उत्कृष्टता प्राप्त करता है श्री भागवत ने कल बैतूल में अखिल भारतीय घोष वर्ग के समापन अवसर पर स्वयसेवकों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि संघ का कार्यकर्ता सामान्य जैसा ही रहता है आलौकिक नहीं रहता पर उसे सदैव अपने ध्येय का स्मरण रहता है उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता की साधना करने वालों को अन्य लोगों के प्रति करुणा प्रेम और सहानुभूति की दृष्टि होनी चाहिए

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाड़े ने कल भोपाल में कहा है कि विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व कमेटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा श्री खाडे ने कहा कि हर वर्ग के लोगों को मतदान के प्रति प्रोत्साहित किया जायेगा विशेषकर दिव्यागजनों को मतदान करने के लिये सहयोग दिया जायेगा उन्होंने कहा कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाता सूची में से दिव्यांगजनों को चिहिन्त कर लिया गया है और उनसे संपर्क किया जा रहा है उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के मतदान केन्द्रों पर बिना लाइन के मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगीं च्नाव आयोग निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव वाले राज्यों मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इंटरनेट आधारित मोबाइल ऐप सी विजिल शुरू कर रहा है सी विजिल यानी सिटिज़न विजिल पहली बार इन विधानसभा चुनावों में पायलट परियोजना के रूप में आरंभ किया जा रहा है इस ऐप के ज़रिये कोई भी नागरिक चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या किसी और अनियमितता की जानकारी अपलोड कर निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचा सकता है इससे उल्लंघन की घटनाओं के चित्र और वीडियो संबंधित चुनाव अधिकारी तक भेजे जा सकते हैं निर्वाचन आयोग के अधिकारी इन शिकायतों पर ध्यान देकर समयबद्ध रूप से इनका निपटारा करेंगे इस एप का उपयोग चुनाव वाले राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान ही किया जा सकता है जापानी बुखार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जापानी ब्रखार में भारत में पहले से उपयोग की जा रही दवा मीनो साइक्लिन जापानी ब्रखार सहित सभी प्रकार के अक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम में अधिक कारगर है सीएसआईआर की प्रयोगशाला नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिर्बन बासु ने बताया कि जापानी बुखार भारत को छोडकर दुनिया के अन्य देशो से अब समाप्त हो चुका है यह बीमारी देश र्मे मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश तक सीमित है इसके अलावा असम से भी कुछ मामले सामने आये है गडकरी केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आदिवासी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका विकास करना सरकार का दायित्व है श्री गडकरी कल नागपुर में एकलव्य एकल विद्यालय के डिजिटीकरण समारोह में कहा कि विकास के लिए उचित दृष्टिकोण जरूरी है समारोह में एकलव्य एकल संगठन और परनार्ड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए सतना मेला नवरात्रि मेले में कल सतना जिले के मैहर में पांच लाख से अधिक श्रद्वालुओं ने मां शारदा के दर्शन किए मेले को देखते हुए मैहर में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक हजार पुलिस कर्मचारी मैहर में नवरात्रि मेले की सुरक्षा कर रहे हैं और इसके अलावा शारदा समिति मैहर के सौ लोग भी मेला व्यवस्था पर लगे हुए हैं मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में रात के तापमान में गिरावट होने के चलते मौसम में हल्की ठंड़ महसूस होने लगी है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्वालियर भोपाल बैतूल खजुराहो छिंदवाडा खरगोन सहित अनेक स्थानों पर रात का पारा एक से दो डिग्री तक गिरा है हालांकि दिन के तापमान में भी कुछ स्थानों पर गिरावट देखी गई है

विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश भर में मौसम शुष्क करने का अनुमान जताया है

सीहोर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के बान्द्राभान गांव के एक आश्रम में कल तडके अज्ञात बदमाशों ने आश्रम के सेवकों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया

इस दौरान कुछ आरोपियों ने पुलिस एएसआई की रिवाल्वर लूटकर भाग गए पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए गांव में दबिश दे रही है